इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रक्षामंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह कांप्रेस नेता राहल गांधी और कई गणमान्य व्यक्तियों ने आज पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पुष्पांजलि अर्पित की पूर्व राष्ट्रपति का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए आज सेना अस्पताल से नई दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास दस राजाजी मार्ग में रखा गया कैबिनेट सचिव राजीव गौवा प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकूद नरवण नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह और वाय्सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश क्मार सिंह भदौरिया ने भी प्रणव मुखर्जी को प्षांजलि अर्पित की राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन और डॉ हर्षवर्धन कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौघरी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के डी राजा ने भी प्रणब मुखर्जी को श्रद्वासुमन अर्पित किए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भी प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया गया मंत्रिमंडल ने उनकी स्मृति में दो मिनट का मौन रखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि साफ सफाई केवल सरकार का काम नहीं बल्कि व्यक्ति परिवार और समाज की भी जिम्मेदारी है

समूह भाव से किए गए कार्य से न केवल बेहतर परिणाम मिलेगा बल्कि श्रेष्ठ जीवन का मार्ग भी प्रशस्त करेगा मुख्यमंत्री आज ब्रह्मलीन महत दिग्विजयनाथ और अवेद्यनाथ के पृष्यतिथि समारोह के अवसर पर ऑनलाइन संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे गोरखपुर में आयोजित संगोष्ठी को मुख्यमंत्री ने लखनऊ से सम्बोधित करते हये कहा कि स्वच्छ भारत से ही स्वस्थ्य भारत की परिकल्पना साकार हो सकेगी केन्द्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान की चर्चा करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान के कारण ही हम वैश्विक महामारी कोरोना को नियंत्रित करने में सफल हो सके हैं देश के शीर्ष इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा पूरी तैयारी के साथ आज शुरू हो गयी लगभग छः सौ साठ केंद्रों पर एक से छः सितंबर तक आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए लगभग नौ लाख अट्ठावन हजार उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है कोविड महामारी के दौरान आयोजित होने वाली यह ऐसी पहली प्रवेश परीक्षा है जिसमें लगभग दस लाख छात्रों के लिए छह सौ से अधिक केंद्र बनाये गये हैं केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मुख्यमंत्रियों से उम्मीदवारों को सहयोग करने की अपील की है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक विनीत जोशी ने बताया कि उम्मीदवारों और केंद्र पर तैनात कर्मचारियों से एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया के तहत सुरक्षित द्री का पालन करने को कहा गया है केन्द्र सरकार द्वारा घोषित अनलॉक चार के दिशा निर्देश आज से लागू हो गए हैं

दिशा निर्देशों के अनुसार देशभर में इस महीने की सात तारीख से मैट्रो सेवाएं फिर से शुरू होंगी और स्कूल तथा कॉलेज तीस सितम्बर तक बंद रहेंगे केन्द्र सरकार ने इस महीने की इक्कीस तारीख से सौ लोगों तक की भागीदारी के साथ धार्मिक राजनीतिक सामाजिक और खेल संबंधी आयोजनों की भी मंजूरी दी थी सरकार की विशेष अनुमति को छोडकर अंतरराष्ट्रीय विमान यात्रा अभी स्थगित रहेगी एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यक्तियों और सामान की आवाजाही पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा संसद का मॉनसून सत्र चौदह सितम्बर से शुरू हो रहा है और एक अक्तूबर तक जारी रहेगा लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चौदह सितम्बर को लोकसभा का सत्र बुलाया है राज्यसभा की भी इसी दिन लेकिन अलग समय पर बैठक होगी कोविड नाइन्टीन के दिशा निर्देशों के कारण दोनों सदनों में बैठने के तरीके बदलने का फैसला किया गया है कोविड महामारी को देखते हुए पहली बार नए उपाय किये जा रहे हैं इनमें सभी सांसदों की जांच लोकसभा और राज्यसभा में बैठने की नई तरह से व्यवस्था और दोनों सदनों से जुड़े गलियारे पर सांसदों के बीच शारीरिक दूरी संबंधी नियमावली का पालन होगा राजीव कुमार ने आज देश के चुनाव आयुक्त का कार्यभार संभाल लिया है उन्नीस सौ चौरासी बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत अधिकारी श्री कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोडा और चुनाव आयुक्त सुशील चन्द्र के साथ तीसरे आयुक्त के रूप में कार्य करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दर्शन पर आकाशवाणी एक विशेष श्रुखंला प्रस्तुत कर रहा है महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा का प्रतीक समझा जाता है अहिंसा शब्द महात्मा गांधी के नाम का लगभग पर्याय बन गया है गांधी जी ने अहिंसा को एक जीवन दर्शन और आदर्श जीवन शैली के रूप में भी अपनाया उन्होंने कहा था कि अहिंसा सर्वोच्च दायित्व है हम पूरी तरह भले ही इसे व्यवहार में न अपना पाएं लेकिन हमें इसकी मूल भावना को अवश्य समझने का प्रयास करना चाहिए और हिंसा से यथासम्भव दूर रहना चाहिए